मारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान गोरव यात्रा के सुराज रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चारमुजानाथ मंदिर में दर्शन किये

उदयपुर जोधपुर और अजमेर संभाग में यात्रा सात सात दिनों की होगी

मामले की सुनवाई अध्री रही

बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की चिंता और सुझावों पर विचार विमर्श किया जायेगा इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कमार मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की सिफारिशों पर चर्चा होने की संमावना हैं मंत्री समूह ने रुपे कार्ड और भीम एप से डिजिटल भूगतान को कैश बैक से प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी

खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस विश्वविद्यालय में शोध प्रशासन प्रशिक्षण और अन्य खेलों की गतिविधियों का समावेश होगा उन्होंने कहा कि इस विधेयक में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेश में खेलों के अलग अलग परिसर बनाये जाने का प्रावधान है श्री राठौड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और एकेडेमिक काउंसिल के सदस्य खेल क्षेत्र से होंगे

यह जांच पिछले वित्त वर्ष से इस वर्ष जून तक की अवधि के काम काज के बारे में होगी

इसके तहत मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल और रागेश्वरी गैस टर्मिनल का उन्नयन किया जाएगा

केयर्न के मुख्य कार्यकारी सुधीर माथुर के मुताबिक सितंबर माह से कार्य शुरू होंगे

आयोग ने अभ्यर्थियों के लिये ड्रेस कोड लागू किया है सभी अभ्यर्थियों के लिये सिलिपर या हवाई चप्पल पहनकर आना अनिवार्य किया गया है

शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारी अलग अलग स्कूलों में जाकर भोजन की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं की जांच करेंगे